पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना तीसरा अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना पांचवा नवाचार और अनुसंधान और विकास जबकि छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया

इसके लिए कानून में बदलाव होंगे एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी

भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा

स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा

जीएसटी लागू होने से अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह इस वर्ष जनवरी महीने में हुआ पिछले चार महीने से मासिक जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रूपये से ऊपर बना हुआ है यह कोविड महामारी के बाद तीव्र आर्थिक सुधार का स्पष्ट संकेत है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

महोत्सव का आयोजन एक ही स्थान पर देश के जनजातीय समुदायों की समुद्व शिल्पगत विविधता संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास है महोत्सव में जनजातीय औषधियां और लोक कलाकृतियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी इस दौरान जनजातीय व्यंजन उपलब्ध होंगे और लोक नृत्यों तथा कलाओं का प्रदर्शन भी किया जायेगा

जबकि एक लाख सत्रह हजार सरसठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक हजार बहत्तर मरीज की मौत कोरोना से हई हैं कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव छह तीन प्रतिशत हैं

वहीं तिरसठ मरीज ठीक हुए हैं जबकि बोकारो जिले से एक मरीज की मौत हुई है

अबतक बावन लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए अनूठा डिजिटल मंच को विन विकसित किया गया है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टीका सही समय पर सही लोगों को दिया जाए

केंद्र सरकार ने आज से अपनी पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे है

निर्णय की घोषणा करते हए श्री जावडेकर ने कहा अब सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में कहा गया है कि कन्टेमेंट जोन में फिल्म प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकते हैं एसओपी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिसर के अंदर सभी कोविड संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए

साहिबगंज जिले में उपायुक्त रामनिवास यादव ने लोगों को जागरूक करने तथा अभियान को गति देने के लिए बोरियो प्रखंड के देव पहाड़ के कुस्टांड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई और वहां आने वाले लोगों को प्रेरित किया उन्होंने धोबना ग्राम के चलंत ब्रथ का भी निरीक्षण किया

धनबाद जिले के टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के इधर तहत जिले के एक हजार नौ सौ चौरासी ब्रथों पर कल तीन लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई अभियान के तहत जिले में चार लाख अठाइस हजार तीन सौ सनतावन बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नये कृषि कानूनों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी व्यवस्था और मंडियों पर कोई असर नहीं पडेगा उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के अंतर्गत मंडियां अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी और सेवाओं तथा ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में कम लागत आएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर श्री तोमर ने कहा कि नये कृषि कानूनों से किसानों को अपनी उपज किसी को भी और कहीं भी बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत भी मिलेगी उन्होंने कहा कि श्री पवार अनुभवी नेता हैं और ऐसा लगता है उन्हें तथ्यों की सही जानकारी नहीं है श्री पवार ने कृषि कानूनों की आलोचना की थी कृषि मंत्री ने कहा कि श्री पवार बडे राजनेता हैं और क्रषि मंत्री रह चुके हैं वे कृषि से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान से पूरी तरह परिचित हैं और उन्होंने स्वयं ही पहले कृषि सुधार लाने की पूरी कोशिश की थी

चतरा जिले की पिपरवार थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय कोल माफियाओं के विरुद्व बड़ी कार्रवाई की है

दोनों रामगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे है टंडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास पांडेय ने बताया कि आरोपी ने बताया कि कंपनी के नाम पर सस्ती दर में लिकेंज का कोयला खरीदकर उसे दूसरी प्राईवेट कंपनियों से उंची कीमत में बेचने का काम करता है

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है धनबाद में आज कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद बीसीसीएल का प्रभार लेंगे श्री प्रसाद के पास सीसीएल के साथ ही बीसीसीएल सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार होगा